हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि अंतर्राजीय बस रूट में वृदवि की जायेगी और बसों में सामर्थ्य से ज्यादा सवारी ले जाने पर अकंश लगाया जायेगा श्री पंवार आज चंडीगढ़ में उत्तरी राज्यों के कराधान मंत्रियों और प्रशासकीय सचिवों की बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे श्री पंवार ने कहा कि हरियाणा मे पहली बार हई इस बैठक में उत्तरी जिसमें उत्तरप्रदेश उतराखंड पंजाब व दिल्ली आदि शामिल है एक समान परिवहन पर चर्चा की गई है

उन्होंने बताया कि चलान आदि से सरकार को जो पैसा मिलेगा उसका पचास प्रतिशत वह सड़क सुरक्षा पर खर्च किया जायेगा परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार सड़क पर होने वाली द्र्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये प्रयत्न शील है उन्होंने बताया कि इस दिशा में कदम बढ़ाते हये ग्रूग्राम और रेवाड़ी में बसों की गति पर नियंत्रण के लिये लगाये गये है धीरे धीरे प्रदेश के सभी जिलों में बसों में गति नियंत्रक यत्र लगा दिये जायेंगे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के नागरिक अस्पतालों में दिन प्रति दिन बढ़ती मरीज़ो को भीड़ और घटते हये डाक्टरों की संख्या जैसी बड़ी समस्या से निजात पाने के लिये सरकार ने कई अहम फैसले लिये है सरकार ने ये फैसला लिया है कि प्रदेश के सरकारी कालेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को डिग्री लेने के बाद दो साल के लिये सरकारी अस्पताल में अपनी सेवायें देनी होगी श्री विज ने अम्बाला छावनी में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसे मे हर साल नये डाक्टर प्रदेश के अस्पतालों में अपनी सेवायें देने आयेंगे जिससे स्वास्थ्य सेवायें और बेहतर होगी उन्होंने सरकारी अस्पतालों मे काम करने वाले डाक्टरों के लिये कम से कम एक लाख रूपये वेतन करने का बजट रखा है ताकि सरकारी अस्पतालों को अच्छे डाक्टर मिल सकें

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि दिल्ली के हरेवली से सोनीपत पानीपत होते हए करनाल के मुनक तक बनी सडक को इसके विकल्प के तौर पर इस्तेमाल का सुझाव उन्होंने म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को दिया था इस पर हरियाणा राज्य सडक विकास निगम को एक प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए है

हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा बनवारी लाल ने कहा कि राज्य के जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है उनमें पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी उन्होंने कहा कि पिछले तीन माह के दौरान प्रदेश के मेवात क्षेत्र में सबसे अधिक पानी के टैंकरों से आपूर्ति की गई है जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंताओं की एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पानी के टैंकरों दवारा की जा रही पानी आपूर्ति पर निगरानी रखें उन्होंने कहा कि टैंकरों दवारा सप्लाई किये जा रहे पानी की रसीद भी ली जाये

जीएसटी क्रियान्वयन के दो वर्ष पूरे होने के उपरान्त इस बारे में जानकारी देते ह्ए कैप्टन अभिमन्य् ने बताया कि हरियाणा में जीएसटी लागू होने के बाद दो लाख नए करदाताओं ने पंजीकरण करवाया है

केन्द्र ने किसानों की आय दगुनी करने के बारे में गठित समिति की सिफारिशें लागु करने और उनकी प्रगति पर नज़र रखने के लिये अधिकार प्राप्त संस्था गठित की है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में प्रक प्रश्नो के उत्तर बताया कि किसान की आय दग्नी करने सम्बधी अंतर मंत्रालय समिति ने पिछले वर्ष सितम्बर में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी श्री तोमर ने बताया कि समिति ने कृषि विपणन सुधारों किसानों को उपज की बेहतर कीमत दिलाने उनके लिये खाद व बीज किफायती दरों पर मुहैया कराने सिंचाई प्रबधन और जोखिम से निपटने जैसे उपायों पर ज़ोर दिया है उन्होंने बताया कि किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में कई पहलें की जा च्की है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई बैंक धोखाधड़ी मामलों के सम्बध में आज एक विशेष अभियान चला रही है

इनमें दिल्ली ल्धियाना चंडीगढ़ ग्रूग्राम और मुम्बई शामिल है विवरण का प्रतीक्षा है